कुल्लू जिले का शरण गांव हथकरघा गांव के रूप में होगा विकसित केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का लोगों से हथकरघा उत्पादों के इस्तेमाल का आहवान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार व संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर दिया बल प्रदेश में कोरोना मामले बढ़े भाजपा के कई वरिष्ठ नेता हुए होम क्वारंटीन नगर निगम शिमला का कार्यालय सील प्रधानमंत्री शिक्षा नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आज एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने इस नीति के समग्र कार्यान्वयन पर जोर दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सम्मेलन से नई शिक्षा नीति के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी जिससे इसके बेहतर कार्यान्वयन में मदद मिलेगी शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर की होनी चाहिए उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति नये भारत के निर्माण की नींव रखेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर विद्यार्थियों और युवाओं को वैश्विक स्तर बनाए रखना है वहीं उन्हें अपनी जड़ों को भी नहीं भूलना है

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज केन्द्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के लोगों को हथकरघा दिवस की बधाई दी

स्मृति ईरानी ने लोगों से हथकरघा उत्पादों का इस्तेमाल करने का आहवान किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी कांगड़ा जिले के देहरा से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लिया उन्होंने शरण गांव को हथकरघा गांव के रूप में विकसित करने को सहमति देने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार जताया

मुख्यमंत्री ने कहा कि च़नाव में किसी भी राजनीतिक दल की जीत पार्टी व संगठन के तालमेल और कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम पर निर्भर करती है जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश भाजपा ने बूथ स्तर तक लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखा है उद्योग मंत्री बिकम ठाकर वन मंत्री राकेश पठानिया और प्रदेश भाजपा महासचिव त्रिलोक जम्वाल भी इस मौके मौजूद रहे महेन्द्र सिंह जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ने अधिकारियों को विकास कार्यों के लिए आबंटित धनराशि को समय पर खर्च करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने अधिकारियों से फील्ड में जाकर पूरी ज़िम्मेदारी से काम करने को कहा सांसद रामस्वरूप शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे कोरोना अपडेट हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी ने अपनी रफ़्तार और बढ़ा ली है कोरोना महामारी ने प्रदेश में एक बार फिर वीआईपी लोगों को शिकार बनाया है प्रदेश के नव नियुक्त ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं सुखराम चौधरी की दो बेटियां सुरक्षा अधिकारी और निजी सचिव भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं

क्वारंटीन इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है उल्लेखनीय है कि सुरेश कश्यप ने पिछले दिनों ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के साथ अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था हालांकि बीती रात सुरेश कश्यप का कोरोना टेस्ट हुआ और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है सुरेश कश्यप ने कल पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल से भी उनके निवास स्थानों पर मुलाकात की जिसके बाद इन दोनों नेताओं ने भी अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है नगर निगम शिमला के नगर निगम कार्यालय को सील कर दिया गया है उल्लेखनीय है कि कोरोना पॉजिटिव आए ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के पीएसओ पिछले दिनों नगर निगम कार्यालय में आए थे और एहतियात के तौर पर अब इसे सील कर दिया गया है हालांकि आज सुबह कर्मचारी व अधिकारी कार्यालय आए थे लेकिन उन्हें घर भेज दिया गया और नगर निगम कार्यालय को सेनेटाईज किया जा रहा है माहापौर सत्या कोंडल ने बताया कि कार्यालय के सभी कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट भी लिए जा रहे हैं राजेन्द्र गर्ग खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेन्द्र गर्ग ने उपभोक्ताओं को उनके घर द्वार के नज़दीक राशन उपलब्ध करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं शिमला में आज खाद्य आपूर्ति निगम के अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि राशन की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी राजेन्द्र गर्ग ने अधिकारियों को समय समय पर राशन की जांच करने को कहा सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के तारा हॉल में बुजुर्ग लोगों को सरवाइकल किटें प्रदान कीं ये किटें हैल्प ऐज इंडिया संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई हैं

उन्होंने ज़रूरतमंदों की सेवा में संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यो को सराहा

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर उन्हें सम्मानित करेंगे बीरबल शर्मा ने मंडी के पास कुल्लू मार्ग पर हिमाचल दर्शन फोटो गैलरी स्थापित की है

बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि इनमें जेबीटी शास्त्री और टीजीटी टैट जैसी परीक्षाएं शामिल हैं